केन्द्र से कृषि कानूनों पर अमल को रोकने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा

नये कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी

और बादल छंटने के साथ ही ठंड और कनकनी में हुई बढ़ोतरी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सिर्फ प्रदर्शन के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि इससे किसी को नुकसान नहीं हो पीठ ने किसान संगठनों को अपने विरोध का तरीका बदलने का सुझाव देते हुए कहा कि उनकी बात सुनी जायेगी न्यायालय ने केन्द्र सरकार से भी इस बात पर विचार करने को कहा कि इन तीनों कानूनों पर फिलहाल रोक लगाने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं खंडपीठ ने यह भी कहा कि वह इस मामले पर सभी पक्षों को सुनेगी केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि केन्द्र सरकार किसानों के हित के लिये प्रतिबद्ध है और नये कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी किसानों के नाम लिखे अपने पत्र में श्री तोमर ने कहा है कि कई किसान संगठनों ने कृषि सुधारों का स्वागत किया है और इन कानूनों का वे लाभ भी उठाने लगे हैं उन्होंने कहा कि कुछ किसान संगठनों में इन सुधारों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कृषि मंत्री ने कहा कि नये कानून किसानों के हित में हैं और कृषि मंडियां चालू है तथा किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाये गये कदमों की चर्चा करते हुए श्री तोमर ने कहा कि पिछले छह सालों में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं और सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिये प्रतिबद्ध है भारत में विकसित कोरोना के टीके को वैक्सीन के पहले चरण के परीक्षणों में बेहतर प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले नतीजे मिले हैं हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन का निर्माण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कर रही है परिषद ने बताया है कि टीके को दो से आठ डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अनुकूल है को वैक्सीन उन तीन टीकों में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक की ओर से विचार किया जा रहा है इस टीके का तीसरे और अंतिम चरण का परीक्षण अठारह से पचपन साल के लगभग छब्बीस हजार स्वयं सेवकों पर किया जा रहा है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख अड़तीस हजार नौ सौ संतावन हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार सौ पंचानवे लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन आठ प्रतिशत है वहीं इसी अवधि में पांच सौ अठासी नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख पैंतालीस हजार तीन सौ अंठानवे हो गयी है सबसे अधिक पटना से दो सौ बासठ नये मामलों की प्रष्टि हुई एक दिन में पांच लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ सैंतीस हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या पांच हजार एक सौ तीन है देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है वर्तमान में तीन लाख बाईस हजार से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है पिछले चौबीस घंटों में तैंतीस हजार दो सौ से अधिक लोगों को उपचार के बाद छटटी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर चौरानवे लाख नवासी हजार से अधिक हो गयी है स्वस्थ होने की दर पंचानवे दशमलव एक तीन प्रतिशत है वहीं इसी अवधि में तीन सौ पचपन लोगों की मौत के साथ ही कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख चौवालीस हजार चार सौ इक्यावन हो गया है एक दिन में चौबीस हजार दस नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे संक्रमितों की कुल संख्या निन्यानवे लाख छप्पन हजार पांच सौ अंठावन हो गयी है कोविड से ठीक हो चुके रोगियों में आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में दो जनवरी से पोस्ट कोविड ओपीडी की शुरूआत होगी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि सप्ताह में एक दिन चलने वाले इस ओपीडी में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ साथ मनोवैज्ञानिकों की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है

दूसरा मास्क पहनकर रखना बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी तीसरा खुले हवा का प्रसार होना बिल्कुल आवश्यक है हाथ बार बार साबून से साफ करना आवश्यक है

बीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए ताजा फल सब्जी और बादाम वगैरह उनसे भी काफी आपका इम्युनिटी बढ़ता है शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल फिलहाल नहीं खोले जायेंगे श्री चौधरी ने निजी स्कूल संचालकों द्वारा स्कूल खोले जाने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है और ऐसी स्थिति में बच्चों का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने निजी स्कूलों द्वारा राहत पैकेज की मांग को भी खारिज कर दिया शिक्षा विभाग ने मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद को निलंबित कर दिया है भागलपुर में डीपीओ के रूप में पदस्थापना के समय नसीम अहमद पर राज्य सूचना आयोग ने चार मामलों में पच्चीस पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया था लेकिन उन्होंने यह राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करायी थी आयोग के आदेश की अवहेलना के आरोप में यह कार्रवाई की गयी है जदयू पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि पार्टी पचहत्तर सीटों पर प्रत्याशी देगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में मौसम के रूख में तेजी से बदलाव हुआ है आसमान से बादल छंटने और पछुआ हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि हिमालयी क्षेत्र में हो रही बर्फबारी के प्रभाव से अगले चौबीस घंटो के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी होगी

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गयी है एक जनवरी दो हजार इक्कीस के आधार पर मतदाता सूची में नये नाम शामिल करने संशोधित करने या हटाने को लेकर दावा या आपत्ति की जा सकेगी निर्वाचक नामावली के प्रारूप पर दावे और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि ग्यारह जनवरी निर्धारित है पंद्रह फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा दरभंगा हवाई अड्डे से अब अहमदाबाद हैदराबाद और पुणे के लिए भी विमान सेवा शुरू होगी निजी विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने इसके लिये बुकिंग शुरू कर दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि अहमदाबाद के लिये ग्यारह जनवरी से जबकि हैदराबाद और पूणे के लिये अठारह जनवरी से विमान सेवा शुरू होगी अहमदाबाद के लिये सप्ताह के सातों दिन जबकि हैदराबाद और पुणे के लिये सप्ताह में छह दिन विमानों का परिचालन किया जायेगा कैमूर जिले के कुख्यात नक्सली भोरिक यादव ने आज प्रलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया आत्मसमर्पण के समय उसने सात बंदूक छह कारतूस लेवी वसूलने वाला रसीद और नक्सली वर्दी पुलिस को सौंपे पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को सरकार की ओर से उपलब्ध करायी जा रही सभी सुविधाएं दी जायेंगी सीवान में पिछले दिनों एक बैंक से दस लाख रूपये की हुई लूट के मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्तौल एक कारतूस और एक हजार सउदी रियाल मुद्रा बरामद की गयी है पुलिस गिरफ्तार अपराधियों के संपर्कों की तलाश में जुटी है मूख्यमंत्री नीतीश कृमार ने शहरों में रह रहे भूमिहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिये अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है सात निश्चय योजना के दूसरे चरण की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों के लिये बहुमंजिला भवन निर्माण का निर्देश दिया साथ ही उन्होंने सभी जिलों में स्थल सर्वे कराकर शवदाह गृह के निर्माण का भी आदेश दिया पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि मुंगेर से भागलपुर जिले के मिर्जा चौकी तक बनने वाली चार लेन सड़क के निर्माण का काम अगले दो वर्षो में पूरा हो जायेगा उन्होंने बताया कि एक सौ चौबीस किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर पांच हजार आठ सौ पचास करोड़ रूपये की राशि खर्च होगी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार गरीब लोगों की जल्द से जल्द जमानत की व्यवस्था सुनिश्चित करने का राज्य सरकार से आग्रह किया है श्री मांझी ने एक ट्वीट में कहा कि जो छोटी गलतियों के कारण तीन महीने से जेल में बंद हैं उन्हें जमानत मिलनी चाहिए दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डीएलएड कोर्स में इक्कीस दिसम्बर से ऑनलाईन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है सोलह फरवरी तक नामांकन लिया जा सकता है इस बार भी दसवीं और बारहवीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही डीएलएड में नामांकन होगा पटना उच्च न्यायालय ने गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन के लिये राज्य सरकार को बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने कहा कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है और इस पर किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं है न्यायालय ने सभी मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाने का निर्देश दिया दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित एक आभूषण द्वकान से करोड़ों रूपये के जेवरात की लूट के मुख्य आरोपी मनीष सहनी ने हाजीपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पूर्व विधायक राम प्रवेश राय के प्रत्र की गोली मारकर हत्या कर दी

वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलकुंडा नारायणपुर गांव में पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर मौके से निर्मित अर्द्वनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये हैं

सीतामढ़ी जिले के अनुसूचित जाति जनजाति थाना में पदस्थापित एक सिपाही को होमगार्ड के एक जवान की रायफल से गोली चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है बेगूसराय स्थित जीरोमाईल थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर एक हथियार तस्कर को चार पिस्तौल और पचपन कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है गोपालगंज जिले के मीरगंज के सबैया हवाई अड्डे के पास से पुलिस ने एक होम्योपैथ डॉक्टर को दो देशी पिस्तौल और पांच कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र अंतर्गत पंच पहाड़ी के पास एक ऑटोरिक्शा और मोटरसाईकिल के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये

केन्द्र से कृषि कानूनों पर अमल को रोकने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा

नये कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी

और बादल छंटने के साथ ही ठंड और कनकनी में हुई बढ़ोतरी